राष्ट्रपति के अभिमाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज लोकसभा में उत्तर देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान जरूरी है और हमारे सभी फैसले सही तथा निर्णायक होने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने इस सरकार के कार्यों और काम करने की रफ्तार को देखकर ही चुनाव में उसे ज्यादा बडे जनादेश से विजयी बनाया पूर्वोत्तर में बोडो समस्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में पिछली सरकारों के सभी प्रयास कागजों तक सीमित रहे उन्होंने कहा कि बोडोलैंड के साथ हुआ मौजूदा समझौता कई मामलों में बहुत खास है प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपक्षीय समझौते में यह भी कहा गया है कि बोडो जनजाति के लोगों के किसी भी लंबित मुद्दे को अनसुलझा नहीं छोडा जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ने अनेक नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये हैं श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना से करोड़ों लोग न सिर्फ उद्यमी बने हैं बल्कि उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी प्रदान किये हैं राजधानी लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस के दूसरे दिन आज भारत और रूस के बीच ग्यारह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हमारे संवाददाता ने बताया कि जो प्रमुख कंपनियां इन समझौता पत्रों का हिस्सा बनीं उनमें भारत की तरफ से बीएचईएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और विस्टा कंट्रोल तथा रूस की ओर से इनवर्शिया यूवी जेड और बीइएमएल शामिल हैं ये समझौता पत्र विभिन्न रक्षा सामग्री के उत्पादन से सम्बन्धित हैं

इसमें तीस से अधिक अफ्रीकी देशों ने भाग लिया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इण्डिया में अमेरिकी रक्षा उद्योग के योगदान वि ाय पर आयोजित संगो ठी में अपने सम्बोधन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में किये जा रहे सुधार आगे भी जारी रहेंगे रक्षामंत्री ने उद्योगों को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने को कहा उन्होंने उद्यमियों से कहा कि व्यापार के क्षेत्र में आने वाली हर समस्या के समाधान के लिये सरकार सदैव तत्पर रहेगी उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की अपील पर कल सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने कल निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने मौत की सजा पाये चारों दोषियों को अलग अलग के बजाय एक साथ फांसी दिए जाने का आदेश दिया था केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि हालांकि इस मामले में दोषियों की समीक्षा याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं लेकिन जेल अधिकारी उन्हें सजा पर अमल करने में असमर्थ हैं उन्होंने यह भी कहा कि चार दोषियों में से तीन की क्यूरेटिव याचिकाएं और दया याचिकाएं भी खारिज की जा चुकी हैं इस पर न्यायमूर्ति एन वी रामन्ना न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कल इस मामले की सुनवाई का फैसला किया जनपद सीतापुर में आज एक फैक्ट्री में गैस के रिसाव से दम घूटने से तीन बच्चों समेत सात लोगों की मृत्यू हो गयी मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के हैं हादसा बिसवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर गांव के निकट एक दरी फैक्ट्री में हआ पुलिस ने घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य रू किया और आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया पूलिस अधीक्षक एलआर कमार ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है उन्होंने बताया कि सभी मुतक दरी फैक्ट्री में काम करते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुये शोक संतप्त परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने घटना से प्रमावित व्यक्तियों को हर सम्भव सहायता देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जनपद हमीरपुर में लगभग सड़सठ हजार महिलाओं को लाभान्वित किया गया है

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं के पोषण और जच्चा बच्चा के रखरखाव के लिये पंजीकरण कराने के बाद तीन किस्तों में पांच हजार रूपये की धनराशि दी जाती है